प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में आज हुआ बालसभाओं का आयोजन शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने जयपूर के अमरसर में बालसभा में की शिरकत राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों में टिड्डी नियंत्रण के लिये अधिकारियों को दिये आवश्यक निर्देश आईसीसी किकेट विश्वकप में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से भारत को सेमीफाइनल मे जगह बनाने के लिये एक अंक की जरूरत

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस इस समिति के संयोजक होंगे जबकि कर्नाटक हरियाणा अरूणाचल प्रदेश गुजरात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया हैं केन्द्रीय क्रषि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री भी इस समिति के सदस्य होंगे इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य रमेश चन्द को सदस्य सचिव बनाया गया है समिति क्रषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा करेगी समिति को दो महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है

उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए गौरतलब है कि कोन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इस अभियान का शुभारंभ किया

केन्द्र सरकार के नोडल अधिकारी और तकनीकी अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे इसके तहत पारम्परिक जल स्त्रोतो के अलावा बोरवेल को रिचार्ज करने सूखे तालाबों की मरम्मत के साथ किसानों को खेती में पानी के इस्तेमाल को लेकर जानकारी दी जायेगी श्री शेखावत ने इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जल संकट चिंता का विषय बना हुआ है उन्होंने बताया कि देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता घटती जा रही है इसलिए समय रहते इसे जन चेतना का विषय बनाया जाना चाहिए उधर सवाईमाधोपुर जिले में जलशक्ति अभियान के तहत खिल्वीपुर गांव में चल रहे तलाई खुदाई कार्य में आज कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान किया श्रमदान करने वालों में जिला कलेक्टर सहित कई उच्चाधिकारी शामिल थे उधर झालावाड जिले में जलशक्ति अभियान के तहत अति दोहित ब्लॉक्स के तहत जिले के पांच ब्लॉक शामिल किये गये है

इसका उद्देश्य आयुष क्षेत्र में रोगों के उपचार रोगियों की देखभाल शिक्षा अन्संधान और बेहतर औषधि नियंत्रण की प्रक्रिया को डिजिटाइज करना है

बाल सभाओं में स्कूलों में नामांकन बढाने के प्रयासों पर चर्चा हुई इस दौरान बोर्ड परीक्षा के मेधावी बालक बालिकाओं को सम्मानित करने के साथ ही राजीव गाँधी कैरियर पोर्टल के जरिए बच्चों को कैरियर गाइडेंस भी दिया गया जयपूर जिले के अमरसर में सामुदायिक बाल सभा में शिरकत करते हुए शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग में किये जा रहे नवाचारों के बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का नारा है कि पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढाओं और वृक्ष लगाओं

रावल गांव में आयोजित सामुदायिक बाल सभा में जिला कलेक्टर डॉ एस पी सिंह ने प्रतिभावान बालकों का सम्मान किया नव प्रवेषित बच्चों का अभिनंदन किया गया

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कल एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि कृषि विभाग अभी से ही पूरी तैयारी और सतर्कता के साथ टिड्डी नियंत्रण के प्रयास करे और अधिकारी रोजाना इसकी प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराएं कृषि मंत्री ने बताया कि टिड्डी नियंत्रण के लिए फील्ड स्टाफ कीटनाशक दवाई के छिड़काव और सर्वे के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि आयुक्तालय स्तर पर संभावित जिलों में टिड्डी दल पर निगरानी सर्वेक्षण और प्रबंधन तथा नियंत्रण दलों का गठन किया जा चुका है कृषि मंत्री ने बताया कि इराक इरान और पाकिस्तान में टिड्डियों का प्रजनन होने तथा मौसम की अनुकूल परिस्थितियों के कारण जैसलमेर और बाड़मेर जिले में प्रकोप हुआ है

रिश्वत की ये राशि गिरफ्तार नहीं करने की एवज में ली गई थी मामले कॉ लेकर युवक के पिता ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में मामला दर्ज कराया उसके बाद एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया

भारत को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए सिर्फ एक अंक की जरूरत है वहीं बांग्लादेश भी अंतिम चार की दौड़ में बनी हुई है इस बीच विजय शंकर पैर की चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं उनके स्थान पर टीम में मयंक अग्रवाल को शामिल किया गया है उधर दोहा में भारत स्नूकर विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है कल सेमीफाइनल में भारत ने आयरलैंड को तीन दो से हराया